कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को सरकार ने आठ से तीस अप्रैल तक स्कूल कॉलेज जिम और पार्क बन्द रखने का आदेश दिया है दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सिर्फ इन कक्षाओं की पढ़ाई अभिभावकों की सहमति से ऑफलाइन हो सकेगी परीक्षाओं पर किसी तरह की रोक लागू नहीं होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके साथ ही सभी द्कानें और बाजार रात आठ बजे तक ही खुला रखने का आदेश दिया गया है सभी दुकानें रविवार को पूरी तरह से बन्द रहेंगी धार्मिक और प्रार्थना स्थलों पर क्षमता के पचास प्रतिशत तक ही लोग मौजूद रह सकेंगे

सभी स्थानों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है किसी तरह के जुलूस धरना प्रदर्शन मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से पावंदी रहेगी बैंकेट हॉल का उपयोग सिर्फ शादी के लिए ही किया जा सकेगा विवाह समारोह में दो सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम पचास लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी किसी भी आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर हैंडवाश और सैनेटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से पांच लोगों के इकटठा होने पर पावंदी लागू रहेगी इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो पांच हजार बेड तैयार करें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रतिदिन कम से कम पैंतीस हजार कोरोना टेस्ट कराये गए

कल एक हजार दो सौ चौंसठ नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इनमें से पांच सौ उन्चालीस मरीज रांची के हैं राज्य में सक्रिया मामलों की संख्या बढ़कर छह हजार आठ सौ चौवालीस हो गई है कल दो सौ अंठानबे मरीज संक्रमण मुक्त हुए जबकि चार मरीजों की मौत हुई है मृतकों में गिरिडीह और गुमला के एक एक तथा रांची के दो मरीज शामिल हैं

जबकि एक लाख इक्सीस हजार छह सौ आठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक एक हजार एक सौ चौवालीस मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं कोरोना की रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव पांच दो प्रतिशत है

केंद्र सरकार ने इससे दोगुने डोज देने को मंजूरी दी है राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉ अजित प्रसाद ने बताया कि कोविशील्ड के बीस लाख डोज झारखंड को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है पहली खेप के रूप में दस लाख डोज नौ अप्रैल तक पहंच जाएंगी वहीं शेष दस लाख डोज पंद्रह अप्रैल तक मिल जाएंगे वहीं कोवैक्सीन टीके का आवंटन नहीं होने के कारण इसका पहला डोज देना बन्द कर दिया गया है जिन लोगों को दूसरा ब्रूस्टर डोज दिया जाना है उनके लिए चार हजार चार सौ सत्तर डोज सुरक्षित रखे गए हैं इस बीच देश में कोविड संक्रमण बढने से रोगियों की संख्या बढ गई है

कल पचास हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए

सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं

सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे मरने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में अब भी सबसे कम बनी हुई है

उन्होंने बताया कि देश में दस ऐसे जिले हैं जिनमें संक्रमण के सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं इनमें से सात महाराष्ट्र में और एक एक कर्नाटक छत्तीसगढ तथा दिल्ली में है

मंत्रालय ने देश में कोविड के बढते मामलों को देखते हुए सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने फिर कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

इस बार कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्अल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्दाओं अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव दूर करने और उनका मनोबल बढाने में मदद करेगा

साथ ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल में मल्लपुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले गए

इन चुनावों के नतीजे दो मई को घोषित किए जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह दस बजे बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की द्विमासिक बैठक सोमवार से शुरू हई थी बैंक ने अपनी पिछली द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था

एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल ने मुरहू आजाद बस्ती एवं कटहल टोली मोड़ के पास छापामारी कर अवैध अफीम तथा कार के साथ पांच अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कल से स्कूल कॉलेज बन्द होने और रात आठ बजे तक ही बाजार खुले रखने के सरकार के आदेश को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है ऑनलाइन ही चलेंगी कक्षाएं रात आठ बजे के बाद दुकानें बन्द हिन्दुस्तान ने स्कूल कॉलेज बन्द रात में बाजार पर पाबंदी खबर को पहली लीड बनाया है वहीं रांची एक्सप्रेस ने भी अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बन्द शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने पंद्रह अप्रैल तक झारखंड में पहुंचेंगे कोरोना वैक्सीन के बीस लाख डोज खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने नक्सलियों के खिलाफ जंग में अब सुरक्षा बलों को फ्री हैंड खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार और वहां के गृह मंत्री के सुप्रीम कोर्ट जाने को पहले पन्ने पर जगह दी है